भाजपा आज से देश के सभी ज़िलों में करेगी एक हजार डिजिटल रैलियां पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शाम चार बजे कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित

खूद को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सीख रहे हैं नए नए ह्नर

भाजपा इस उपलक्ष में आज से देश के सभी ज़िलों में डिजिटल रैलियों के आयोजन का सिलसिला शुरू करेगी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के ज़रिये आज शाम चार बजे पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे

स्वास्थ विभाग के प्रमुख सचिव मोहम्मद सुलेमान इंदौर प्रमुख सचिव फैज अहमद किदवई भोपाल और प्रमुख सचिव संजय शुक्ला उज्जैन की व्यवस्थाओं पर विशेष नजर रखेंगे शिवप्री जिले में कल दो नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं

उधर अशोकनगर से एक अच्छी खबर है

पन्ना जिले में सात नए कोरोनॉ संक्रमित मरीज सामने आए है

ग्वालियर में कल कोई नया मामला सामने नहीं आया है

सतना में भी कलेक्टर ने इसी तरह के ज्माने के आदेश जारी किए हैं

उन्होंने कहा कि फीवर क्लिनिक के कारण कोरोना के संदिग्धों को पहचानना अधिक आसान होगा

संभाग आयुक्त ने कहा कि जून जूलाई महीने में कोविड संक्रमण सर्वाधिक होने की आशंका जताई जा रही है

शिश् किट महिला बाल विकास विभाग द्वारा लॉकडाउन के बीच गरीब प्रस्ताओं के लिए नवजात शिश् किट की व्यवस्था की जा रही है रतलाम जिले में एक अप्रैल से श्रू की गई इस व्यवस्था में गरीब प्रसूताओं को शिश् किट में प्रसूता और नवजात बच्चे के लिए झबला नैपी टोपी रूमाल एवं बिछावन माँ के लिए साब्न ट्रथपेस्ट ब्रश पाउडर एवं सेनेटरी नेपकिन तौलिया और तेल डेटॉल और सेनीटाइजर दिया जा रहा है

बैतूल कायाकल्प कोरोना के इस दौर में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को आत्मनिर्भर बनने का आव्हान किया है इस आव्हान को आत्मसात करते हए आदिवासी बाहल्य बैत्ल जिले के क्वारेटाइन सेंटर में श्रमिक आत्मनिर्भर बन रहे हैं

मध्य प्रदेश के कृषि विभाग ने पांच स्थानों सतना बालाघाट निवाड़ी रायसेन औऱ शिवप्री में टिड्डी नियंत्रण कार्रवाई की यहां पर फसलों के किसी न्कसान की खबर नहीं है

कृषि और किसान कल्याण सचिव संजय अग्रवाल ने सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रधान कृषि सचिवों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये बैठक आयोजित की इस बैठक में सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को टिड्डी हमले के ताजा हालात और नियंत्रण के बारे में सूचित किया गया

कलेक्टर नए आदेश जारी किए हैं वहीं एक जून से खेल गतिविधियां भी शुरू होने जा रही हैं